उन्होंने राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और टीकाकरण के प्रधान सचिवों अधिकारियों के साथ बातचीत की डॉक्टर हर्षवर्धन ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज अभियान प्रसार में टीकाकरण का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया है

महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस कार्यसमिति ने आज सैद्वान्तिक रूप से पार्टी को महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की अनुमति दे दी है नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध रोहिग्याओं और बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की इस दलील पर ध्यान दिया कि ये लोग भारतीय नागरिकों की रोजी रोटी छीन रहे हैं

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं इस तब्लीगी इज्तिमा में देश विदेश की मुस्लिम जमातें हिस्सा लेती हैं और इस दौरान इस्लामिक विद्वान अपनी तकरीरें पेश करते हैं इज्तिमा एप वहीं प्रदेश में इज्तिमा जैसे आयोजन में पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले एप और क्यूआर कोड को आज सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने लॉच किया इस एप के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति नमाज स्थल बुजु स्थल पानी शौचालय अस्पताल पार्किंग कन्ट्रोल रूम की जानकारी के साथ हेल्प डेस्क से सहायता भी प्राप्त कर सकेंगा भोपाल पहुँचते ही श्रद्धालुओं को यह सेवा प्राप्त होने लगेंगी

मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक ए के शुक्ला ने बताया कि अमी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में ऊपरी वायुमंडल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिससे प्रदेश में हल्के बादल छाये रहने से तापमान में अपेक्षानुसार गिरावट नहीं हो रही है

साथ ही दिन में भी ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा क्रिकेट भारत और बंगलादेश के बीच दिन रात का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से कोलाकाता के ईडन गार्डन में खेला जायेगा इस मैच में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जायेगा दोनों देशों के बीच श्रृंखला का यह दूसरा और अंतिम मुकाबला है मैच दिन में एक बजे से शुरू होगा

टीकमगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज से दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं